इस अभियान का उद्देश्य अपने राज्यों को लौटने वाले प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण नागरिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करना है श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेली हर गांव से इस योजना को लांच किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस अभियान के शुरू होने से प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी प्रदेश के बालाघाट झाबुआ टीकमगढ़ छतरपुर रीवा सतना सागर पन्ना भिंड अलीराजपुर बैतूल खंडवा शहडोल धार डिंडौरी कटनी छिंदवाड़ा सिवनी मंडला खरगोन शिवपुरी बड़वानी सीधी और सिंगरौली जिलों में यह योजना शुरू की गई है

अभियान के तहत होने वाले कार्यो में तालाब बनाना दीवार बनाना पश्पालन के लिए आवास बनाना स्थानीय सड़कों और पुलों का निर्माण करना आदि कार्य शामिल है प्रदेश में यह योजना वदान साबित होगी

वहीं आज एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई है

छटवां अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विद्यार्थियों को अपने घरों पर ही योगाभ्यास करने की अपील की गई है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

इन केन्द्रों को पूर्व चैम्पियन चलायेंगे या उन्हें कोच के रूप में रखा जायेगा